विधेयक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और दस वर्ष तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वंचित समुदायों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने से उनके बीच नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है

इस विधेयक में शस्त्र अधिनियम उन्नीस सौ उनसठ में संशोधन का प्रस्ताव है इस संशोधन विधेयक में एक व्यक्ति को कई हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस में कटौती करना और संबंधित कानून के उल्लंघन पर दण्ड की सीमा बढ़ाने का प्रावधान है विधेयक में लाइसेंस धारक को केवल दो हथियार रखने की अन्मति होगी विधेयक का उद्देश्य हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने की भी व्यवस्था है

यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो च्का है

उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के रूप में मुसलमानों को प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा ह कि यह कानून एक समुदाय विशेष के खिलाफ है जो सच नहीं है श्री शाह ने मुसलमान समुदाय को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस विधेयक में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं जो इस देश के मुसलमान हैं इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का कोई चिंता का सवाल ही नहीं है वो नागरिक है रहेंगे उनको कोई प्रताडित नहीं करेगा गूहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है तीनों पड़ोसी देश इनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर इनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अधिकारों को उनकी भाषा को उनकी संस्कृति को और उनके सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर हम चिंता करते हुए प्रावधान लेकर आए

उन्होंने कहा कि भारत में कई दशकों से रह रहे ऐसे लोगों को सभी अधिकार और सुविधाएं दी जायेंगी श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि पार्टी धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे भारत में रहन वाले लोगों के साथ न्याय करेगी और उन्हीं की मुश्किलों को कम करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कानून इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जायेगा

श्री प्रसाद ने बताया कि विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाएगा जिसमें विपक्ष सहित दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे उन्होंने कहा कि हालांकि सवाच्च न्यायालय ने माना है कि व्यक्तियों का डेटा संरक्षण उनका मौलिक अधिकार है और किसी के भी निजता के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे देश के विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों विभिन्न बोर्ड और संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में समानता स्थापित करनी होगी उन्होंने कहा कि शिक्षा में समानता न होने से नागरिकों में समानता की भावना पैदा करना एक चुनौती हैं आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय स्कूल समिट में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को बंधनों में जकड़ कर समाज और राष्ट्र की प्रगति को बाधित नहीं किया जाना चाहिये मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग देश काल और परिस्थिति में शिक्षा की उपयोगिता किस रूप में हो सकती है इस पर चिंतन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो हैं लेकिन इससे हम ठोस निष्कर्ष पर पहुंच कर एक कार्य योजना बनाने में सफल हा यही आज की आवश्यकता हैं उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल सरकार क स्तर पर ही करने से काम नहीं चलेगा शिक्षा में इनोवेटिव चेंज लाकर स्कूली शिक्षा को सर्वांगीण विकास और स्वावलम्बन से जोड़ने वाली संस्थाओं को अपना योगदान देकर एक महान कार्य करना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सहभागिता से प्राप्त सुविधाओं से यदि हम स्कूली शिक्षा को ठीक कर ले तो उच्च शिक्षा में बच्चे अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं

माध्यमिक शिक्षा विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप स दो दिवसीय स्कूल समिट का आयोजन किया जा रहा है समिट का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये तकनीक और नवाचार के प्रयोग को बढ़ावा देना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज दोपहर बाद आंध प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से पीएसएलवी के जरिए रिसेट टूबीआर वन भू पर्यवेक्षी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

इस भू पर्यवेक्षी उपग्रह को कृषि वन और आपदा प्रबंधन में मदद के लिये तैयार किया गया है प्रक्षेपण यान के साथ इजराइल इटली जापान और अमेरीका के नौ उपभोक्ता उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए हैं इनका प्रक्षेपण न्य स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ व्यवसायिक समझौते के अंतर्गत किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं किये जाने के विरोध में आज मुजफ्फरनगर हापुड़ सहित अन्य जनपदों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में हाईवे पर कई स्थानों पर जाम लगा कर प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गन्ने और पराली की होलो जलाकर अपना विरोध प्रकट किया और बाद में एडीएम प्रशासन अमित कुमार को मुख्यमंत्री को संबोधित अपना ज्ञापन सौंपा वहीं हापुड़ में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली लखनऊ राजमार्ग जाम कर धरना प्रदर्शन कर गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की केन्द्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लगभग एक लाख से अधिक पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है